केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश करते हुए किसानों और आम नागरिकों को राहत देने की घोषणा की

उडान योजना के तहत देश के सौ नये हवाई अड्डे बनेंगे

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का उददेश्य लोगों की आय में वुद्धि करना उनकी खरीददारी की क्षमता को बढाना और सभी नागरिकों को सरल जीवनयापन मुहैया करवाना है उन्होंने कहा कि इसका उददेश्य भ्रष्टाचार मुक्त नीति आधारित सुशासन और स्वच्छ व मजबूत वित्तीय क्षेत्र प्रदान करना है

उन्होंने कहा कि क्सुम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएम किसान योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं ने किसानों की आय बढाने में मदद की है

इनमें पानी की किल्लत वाले एक सौ जिलों में व्यापक उपाय करना शामिल है

इसके अलावा किसान रेल की शुरूआत की जायेगी जो फल और सब्जियों की ढलाई में किसानों की सहायता करेगी

ये सभी योजनाएं राज्यों के सहयोग से लागू की जायेंगी श्रीमती सीतारमन ने कहा कि जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा की जायेगी इसमें विद्यार्थियों के लिए डिग्री स्तर तक ऑनलाईन शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी इसके अलावा एक राष्ट्रीय पुलिस विश्व विद्यालय और एक राष्ट्रीय फोरेंसिक साईस युनिवरसिटी बनाने का भी प्रस्ताव है

वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी कपड़ा मिशन एवं अन्य कई योजनाओं की घोषणा की चिकित्सकीय उपकरण के निर्यात पर स्वास्थ्य महसुल लगाया गया है

इसके अलावा वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न भरने के सिलसिले को सरल किया गया है जो पहली अप्रैल से लागू होगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बजट में पेश किए गए नये कर सुधार बेहद प्रगतिशील और बेमिसाल हैं एक टवीट में उन्होंने कहा कि इस नई कर व्यवस्था से आम लोगों पर कर का बोझ कम होगा रक्षा मंत्री ने कहा कि ये एक कृशल कर प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और विश्व की उत्तम कर प्रणालियों के अनुरूप होगा

नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कमार यादव ने कहा कि रेलवे देश भर में किसाल रेल का विस्तार करने की योजना बना रहा है

जिससे भिवानी जिला के किसान काफी उत्साहित है

इसे कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश हो सकेगा आम बजट ने कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लाया वहीं किसानों की आय दौगनी करने के लिए विशेष बजट दिया है पंचकूला के अशोक शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों के लिए यह बजट काफी राहत लाया है टैक्स की स्लैब बढ़ाने से काफी लाभ होगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत त्यौहारों और मेलों का देश है और सुरजकंड जैसे मेले शिल्पकारों व हथकरघा कारीगरों के अलावा लोक कलाओं लोक व्यंजनों और लोक नृत्यों का संगम करते हैं

इस मौके पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को मेले के लिए किए गए प्रबंधों की बधाई दी उन्होंने कहा कि यह मेला भारत व उजबेकिस्तान के लोगों के बीच सांस्कृतिक कला एवं कृषि क्षेत्र में मजबृत सांझेदारी प्रस्तुत करेगा इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और हिमाचल पड़ोसी राज्य होने के नाते सांस्कृतिक दृष्टि से काफी समान हैं उन्होंने कहा कि सूरजकंड मेले से हिमाचल प्रदेश की स्मृद्ध संस्कृति के दर्शन होंगे

उन्होंने बताया कि अमृतसर नई दिल्ली अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द रहेगी